जुर्माने के रूप में लगभग बीस करोड़ रुपये की राशि वसूल की गयी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ सत्तर लोगों में कोविड उन्नीस महामारी की पुष्टि हुई है राज्य में इस महामारी के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हजार दो सौ छिहत्तर हो गयी है जबकि सत्रह लोगों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज सामने आये नये मामलों में सबसे अधिक उन्नीस जहानाबाद जिले से हैं वहीं शेखप्रा से अठारह गोपालगंज से आठ मधुबनी से सात समस्तीपुर से छह पूर्णिया से पांच जमुई और भोजपुर से चार चार गया खगड़िया और लखीसराय से तीन तीन औरंगाबाद और बांका से दो दो तथा नवादा पटना वैशाली बक्सर सारण और मुंगेर से संक्रमण का एक एक मामला सामने आया है राज्य में बारह सौ नौ लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित इकहत्तर हजार एक सौ छह लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर बयालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार चार सौ चौदह लोग संक्रमण से मुक्त हुए जबकि सात हजार चार सौ छियासठ लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख पैंसठ हजार सात सौ निन्यानवे हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से अब तक चार हजार सात सौ छह लोग जान गंवा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में ही एक सौ पचहत्तर लोगों की मौत हुई

सभी को बोधगध के एक होटल में क्वारेंटीन के लिए भेज दिया गया लुधियाना से प्रवासी कामकारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज नवादा पहुंची स्टेशन पर उतरने के बाद दो सौ कामगारों को क्वारेंटीन में भेज दिया गया है रोहतास जिले में कोविड उन्नीस से संक्रमित एक सौ पन्द्रह लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चूके हैं पटना के बाद रोहतास जिले में ही संक्रमण से सबसे अधिक मामले दर्ज किये गये हैं जिले में अब तक संक्रमण के दो सौ एक मामले दर्ज किये गये हैं दरभंगा जिले में बाईस लोग कोविड उन्नीस महामारी से स्वस्थ होकर अपने घर लौट गये हैं इधर बक्सर जिले में अठारह सौ से अधिक प्रवासी कामगारों को चौदह दिन का क्वारेंटीन पूरा करने पर उन्हें घर भेज दिया गया बिहार में दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों के आने का सिलसिला अंतिम चरण में है सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लौटने वाले प्रवासियों की कम हो रही संख्या को देखते हुये आज चलने वाली नौ स्पेशल रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है आज छियालीस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बयालीस हजार नौ सौ लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं इसमें सबसे अधिक बारह ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही है पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक तेरह सौ इक्कीस विशेष श्रमिक और यात्री रेलगाड़ियों का आगमन हुआ है वहीं इकतीस मई तक एक सौ साठ और गाड़ियां पहुंचेंगी रेलवे ने कहा है कि एक मई से अब तक उन्नीस लाख से अधिक यात्रियों का बिहार में आगमन हुआ है इस महीने के अंत तक इन विशेष ट्रेन के माध्यम से लगभग इक्कीस लाख उनहत्तर हजार प्रवासी और यात्रियों के राज्य में पहुंचने की संभावना है

यह अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक रेलगाडियां चला रहा है यह देखा गया है कि इस सेवा का लाभ उठा रहे वे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनमें कोविड उन्नीस महामारी का जोखिम बढ जाता है रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा की जाती है मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी आपातकाल में यात्री रेलवे की हेल्पलाइन एक सौ उनतालीस और एक सौ अड़तीस पर फोन कर सकते हैं

श्री यादव ने संवाददाताओं से कहा कि प्रवासी लोगों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए संबंधित राज्यों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम बनाने को कहा गया है

श्री कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लिया मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आ रहे प्रवासी कामगारों की संख्या को देखते हुए प्रखंड स्तरीय क्वारेंटीन केन्द्रों की व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिये श्री कुमार ने सभी लोगों के लिए उनके कौशल के अनुरूप रोजगार सुनिश्चित करने को भी कहा

पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार चौबीस मार्च से अब तक उल्लंघन करने वाले चौबीस सौ ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं तिरासी हजार से अधिक वाहन जब्त किये गये हैं भारतीय रेल ने बारह मई से चल रही राजधानी श्रेणी की सभी तीस विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा तीस दिन से बढ़ाकर एक सौ बीस दिन करने का निर्णय लिया है यह फैसला उन सभी दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाडियों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होगा रेल मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव इकतीस मई को सुबह आठ बजे से लागू होंगे इसके अनुसार इन सभी दो सौ तीस रेलगाड़ियों में पार्सल और सामान की ब्रुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी केंद्र सरकार ने मई और जून महीने के लिए सैंतीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आठ लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक दो लाख मीट्रिक टन अनाज ले लिया है उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वह राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे उन्होंने कल एफसीआई के मंडल कार्यकारी निदेशकों और क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ अनाज के वितरण और खरीद के बारे में वीडियो काफ्रेंस से हुई बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र ने अप्रैल मई और जून के महीनों के लिए राज्यों को एक सौ बीस लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है श्री पासवान ने राज्यों से फंसे मजद्रों के लिए आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अनाज के आवंटन के संबंध में नवीनतम स्थिति के बारे में अवगत कराने का अनुरोध किया है लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है पश्चिम चंपारण जिले के एक लाभार्थी ने बताया कि इससे कठिन परिस्थितियों में काफी राहत हुई है

हमें लॉकडाउन चार के दौरान भी बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए

ये वक्त हमें और भी मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन ये चीजों का ध्यान में रखना है जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं जैसे की सोशल डिस्टेसिंग हुआ या स्वच्छता क्लीनीनेंस यूज ऑफ मॉस्क हैंड वाशिंग इसकों हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलबीर सिंह ने मार्केटिंग एजेंटों को काम के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए टेली मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे विकल्पों का उपयोग करने को कहा

अगर ये टेलीसोर्स से हो सकती है मार्केटिंग फोन से या कम्प्यूटर से तो यह बहुत फायदेमंद होगा फील्ड में जाने से अच्छा है टेलिफोन से या कम्प्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट तो फार बेटर है डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए घरों को साफ सुथरा और विषाणुमुक्त रखना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि घरों को खुद ही सैनिटाइज किया जा सकता है इसके लिए किसी सेनिटाइजर कम्पनी से मदद लेने की जरूरत नहीं है

दूसरी चीज आप हैंड हाइजीन फॉलो करें

विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों के खिलाफ मुकदमें वापस लेने को कहा है जिनपर तोड़फोड़ और हिंसा के मामले नहीं चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार इकतीस मई को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित जोगी का आज निधन हो गया वे चौहत्तर वर्ष के थे दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था अजित जोगी वर्ष दो हजार से दो हजार तीन तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है श्री मोदी ने कहा कि लोक सेवा करते हुए अजित जोगी ने गरीब लोगों विशेषकर आदिवासी समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए कहा है कि अजित जोगी एक कुशल राजनेता थे उनके निधन से देश की राजनीति को अप्रणीय क्षति हुई है केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का फैसला किया है इस कार्यक्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मौजूदा स्थितियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नवाचारी उपाय अपनाने पर बल दिया

इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी मंत्रालय और विभाग डिजिटल माध्यमों का रूख करेंगे इसके व्यापक प्रसार के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत वैभीनार आयोजित की जाएगी एक भारत श्रेष्ठ भारत डिजिटल संसाधनों के लिए साझा तैयार किया जाएगा जिसका उपयोग प्रत्येक मंत्रालय कर सकेंगे बैठक के दौरान संशोधित संचार योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई

कृषि विभाग को रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार टिड्डी दल के बिहार पहुंचने का समय हवा के रूख और रफ्तार पर निर्भर है अभी टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी के आस पास है कृषि विभाग ने किसी भी आपात स्थिति में किसानों को कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पांच पांच एक पर सम्पर्क करने की सलाह दी है इधर केन्द्र सरकार ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव और सर्वे को मंजूरी दे दी है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार में कोविड उन्नीस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर सत्रह हुई

जुर्माने के रूप में लगभग बीस करोड़ रुपये की राशि वसूल की गयी